कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम सात बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विदयार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे कोविड महामारी को देखते हुए कार्यक्रम के इस संस्करण का आयोजन वर्च्अल रूप में किया जा रहा है इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने और उसमें बैठने के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा योद्धाओं माता पिता और शिक्षकों के साथ नये फॉरमेट में यादगार परिचर्चा होने की आशा है उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस दौरान कई दिलचस्प सवाल सामने आयेंगे शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से विदयार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त होने में मदद मिलेगी प्रदेश की लोक गायिका डॉ माध्री बड़थ्वाल ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से प्रधानमंत्री एक अग्रज की तरह बच्चों अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद करेंगे जो उन्हें प्रोत्साहित करेगा

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम टीवी चैनलों डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों पर देखा जा सकता है कोरोना जागरूकता केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हए अगले चार सप्ताह के दौरान देश में स्थिति बहत नाजुक होगी सरकार का मानना है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए लोगों की भागीदारी बहत महत्वपूर्ण है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी॰ के॰ पॉल ने नई दिल्ली में बताया कि कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए उन्होंने लोगों से अपील की कि वे टीका जरूर लगवाएं

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश में केन्द्र सरकार के कमर्चारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों से आग्रह किया है कि वे दवाई भी कड़ाई भी के संदेश के प्रति जागरूकता फैलाएं और कोविड नियमों का पालन करने तथा पात्र लोगों को टीका लगवाने का संदेश दें मंत्रालय ने देश में कोविड के बढते मामलों को देखते हुए सभी निजी टेलीविजन चैनलों को एक परामर्श जारी किया है मंत्रालय ने फिर कहा है कि जनहित में इन संदेशों को प्रचारित करने में टीवी चैनलों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अपने संदेश में म्ख्यमंत्री ने कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टरों नर्सों चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य स्विधाओं के स्दृढ़ीकरण पर सरकार का फोकस है स्दूर गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य स्विधा पहुंचाना प्राथमिकता है देव डोलियां स्नान पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने निर्देश दिये हैं कि देव डोलियों के कृम्भ स्नान की सभी तैयारियां व्यवस्थित रूप से की जाए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को बैठक में उन्होंने अधिकारियों को शोभा यात्रा का रूट चार्ट बनाते हए आपसी समन्वय से कार्यक्रम को भव्य स्वरूप प्रदान करने को कहा पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्राचीन परंपरा के अन्सार देवी देवताओं की डोलियां क्म्भ के दौरान हरिद्वार में स्नान करने आती हैं

इसके अगले दिन शोभा यात्रा का क्म्भ नगरी हरिदवार में आगमन होगा

मतदान दिवस पर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने की स्वीकृति दी गयी है निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सभी उद्योगों कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है

बागेश्वर धंध बागेश्वर जिले के जंगलों में लगी आग पर काब् पाना वन विभाग के लिए चुनौती साबित हो रही है

पिछले साल लॉकडाउन के चलते गर्मियों में जंगल सुरक्षित रहे थे लॉकडाउन के बाद अक्टूबर के महीने से जंगलों के जलने का सिलसिला श्रू हआ

कपकोट बैजनाथ धरमघर और बागेश्वर रेंज से सटे कई जंगल आग से स्लग रहे हैं

हालांकि बर्फबारी से नीति मार्ग अवरुदध हो गया जिससे बाहर के श्रदधालु यात्रा में शामिल नहीं हो पाये यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए सड़क से डेढ़ किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी होगी स्रक्षा के मददेनजर टिम्मरसैंण जाने वाले यात्रियों को सुबह जाकर उसी दिन शाम तक वापस लौटना होगा